और पछ्आ हवा के कारण राज्य में गर्मी बढी

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से प्रदेश में कोविड का संक्रमण तेजी से फैल रहा है पिछले चौबीस घंटों के दौरान दो हजार नौ सौ निन्यानवे नये मामलों की पुष्टि हुई सबसे अधिक एक हजार एक सौ संतानवे नये मामले पटना में दर्ज किये गये गया से एक सौ चौरासी भागलपुर से एक सौ इकसठ मुजफ्फरपुर से एक सौ इकतालीस और बेगूसराय से एक सौ दो पॉजिटिव मामले सामने आये हैं इसके अलावा अन्य सभी जिलों से भी कोरोना के मामले सामने आए हैं राज्य में स्वस्थ होने की दर तिरानवे दशमलव चार आठ प्रतिशत है वहीं इस वैश्विक महामारी से अब तक एक हजार छह सौ सोलह लोगों की मौत हुई है राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या सत्रह हजार बावन है जिसमें सबसे अधिक पटना से छह हजार सात सौ उनचास मामले हैं प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना एम्स के सात चिकित्सक और पीएमसीएच के दो डॉक्टर के अलावा बारह कर्मचारियों को भी कोरोना संक्रमण हो गया है पटना जिले में पंचायती राज विभाग के निदेशक और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विजय रंजन सहित पन्द्रह लोगों की कोविड संक्रमण के कारण मृत्यु हो गयी है पंचायती राज विभाग के निदेशक का इलाज पटना एम्स में चल रहा था

पिछले दिनों हालत बिगड़ने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया था विधान सभा के भी कई कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाये गये हैं इसे देखते हुए तैंतीस प्रतिशत कर्मियों को ही प्रतिदिन बारी बारी से कार्यालय आने की अनुमति दी गयी है कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के तीन वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में प्रतिनियुक्त किया है सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव राजीव रौशन को पीएमसीएच समाज कल्याण विभाग के निदेशक राजकुमार को पटना एम्स और उद्योग विभाग में निदेशक पंकज दीक्षित को नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय एनएमसीएच में प्रतिनियुक्त किया गया है ये सभी अधिकारी कोरोना मरीजों की भर्ती और इलाज को लेकर सभी मामलों की निगरानी रखेंगे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने आज कहा कि कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य के प्रमुख अस्पतालों में वेड की संख्या बढ़ायी जायेगी उन्होंने कहा कि नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल एनएमसीएच में कोविड मरीजों के लिए एक सौ चौवन वेड की व्यवस्था की जा रही है जबकि एम्स पटना में कल से तीस वेड और उपलब्ध होंगे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसके अलावा पीएमसीएच पटना और जवाहर लाल नेहरु मेडिकल कॉलेज अस्पताल भागलपुर में भी वेड की संख्या बढ़ायी जा रही है उन्होंने कहा कि पीएमसीएच में कोविड जांच के लिए प्रयोगशाला स्थापित करने तथा आवश्यक मशीनों की खरीद के लिए अस्पताल को डेढ़ करोड़ रुपये की राशि दी जायेगी इससे पहले श्री पांडेय ने आज कोविड नोडल अस्पताल एनएमसीएच का दौरा किया और वहां उपलब्ध सुविधा तथा संसाधनों का जायजा लिया जानी मानी फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने देशवासयिों से अपील की है कि वे कोविड टीका लगवाकर कोरोना के खिलाफ लडाई में अपना योगदान दें आज आकाशवाणी से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि अपने परिवार वालों के साथ उन्होंने टीका लगवा लिया है और यह बिल्कुल सुरक्षित है

हमारी सरकार भी नागरिकों को कोरोना से सुरक्षित करने के लिए टीकाकारण अभियान चला रहे हैं टीका लगाने के लिए सभी पात्र नागरिकों से मेरा कहना है कि बिना डरे आगे आएं और टीका जरूर लगाएं ये टीका पूरी तरह सुरक्षित है मैं खुद और मेरा पूरा परिवार ये टीका लगा चुके हैं इससे हम खुद को और हमारे परिवार जनों को और हमारे देश की जनता को कोरोना से सुरक्षित कर सकते हैं तो टीका जरूर लगाएं और कोरोना के खिलाफ इस जंग में अपना योगदान दें महामारी विज्ञान और संचारी रोग के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् आईसीएमआर के प्रमुख डॉकटर समीरन पांडा ने कहा कि चाहे कोरोना का पुराना रूप हो या नया यह एक ही तरह से फैलता है

तो फैलने का तारीका एक ही है मतलब छीखते समय खांसी के समय बात करते समय ओ जो जल बिन्दु जो लिकालते है संक्रमित व्यक्ति से और दुसरे व्यक्ति की तरफ फैल जाते हैं क्योंकि उसी का अंदर ओ कोस और वायरस पाये जाते हैं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संजय पांडेय के अनुसार अगर किसी को भी गले में संक्रमण और खांसी जुकाम है तो उसे आरटीपीसीआर जांच करा लेनी चाहिए

कोविड की जांच आप किसी भी सरकारी अस्पताल में करा सकते हैं या किसी प्राइवेट लैब में करा सकते हैं

कोविड की जांच आप किसी भी सरकारी अस्पताल या किसी भी प्राइवेट अस्पताल या प्राइवेट डाइग्नॉस्टिक सेंटर से करा सकते हैं दो तरह के टेस्ट हैं पहला टेस्ट है राइट जिसको रेपिड एन्टी जेन्ट टेस्ट कहते हैं लेकिन ज्यादा रिलायबल टेस्ट आरटीपीसीआर है आरटीपीसीआर करने के भी कई तरीके होते हैं तो अगर पेशेंट सिमटॉमेटिक है तो बेहतर है कि हम पहले आरटीपीसीआर कर लें

इसके अलावा एक सौ संतावन दुग्ध उत्पादन सहयोग समितियों ग्यारह स्वावलंबी सहकारी समिति और पन्द्रह अन्य सहकारी समितियों की चुनाव प्रक्रिया भी स्थगित कर दी गयी है

विशेष टीकाकरण अभियान के दूसरे दिन देशभर में चालीस लाख से अधिक टीके लगाए गए अब तक देशभर में दस करोड पचासी लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं

इसी आयु वर्ग के तीस लाख से अधिक लोग कोविड की दोनो खुराक ले चुके हैं

टीका उत्सव के तीसरे दिन आज प्रदेश में अधिक से अधिक संख्या में पात्र लोग टीका लगवा रहे हैं कल इस टीका उत्सव का समापन हो जायेगा लेकिन पूर्व की तरह केन्द्रों पर टीके लगाये जायेंगे इधर पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश भर में एक लाख उनचास हज़ार से अधिक लाभार्थियों को कोविड से बचाव के टीके दिये गये इनमें से एक लाख अट्ठाईस हजार पांच सौ पैंतालीस लोगों को टीके की पहली डोज जबकि बीस हजार चार सौ संतावन लोगों को टीके की दूसरी डोज दी गयी राज्य में अब तक बावन लाख पैंतीस हजार सात सौ इक्यावन लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है इसमें छियालीस लाख चार हजार से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक जबकि छह लाख इकतीस हजार से अधिक लाभार्थियों को दूसरी खुराक दी गयी है केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कोरोना पर राजनीति नही होनी चाहिए उन्होने कहा कि जहाँ भी वैक्सीन खत्म हो रही है वहां पहुँचाया जा रहा है श्री प्रसाद ने आज पटना के आईजीआइएमएम में कोरोना टीकाकरण उत्सव में शामिल होने के बाद पात्र लोगों से शीघ्र ही कोरोना वैक्सीन लगाने की अपील की प्रदेश में टीकाकरण को लेकर लोगों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली हैं लोगों ने टीका लगाने के बाद इसे सुरक्षित बताया है और सभी पात्र लोगों से अपनी बारी आने पर कोविड का टीका लगाने की अपील की है

कल पहला रोजा रखा जायेगा इस्लामिक कैलेण्डर के अनुसार रमजान नौवां महीना है और इसका समापन इद उल फित्र के साथ होता है रमजान की शुरूआत के साथ ही बाजारों में रौनक बढ़ गयी है लोग सेहरी और इफ्तार के लिए सामग्रियां खरीदने शाम सात बजे से पहले तक बाजारों में नजर आयें राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रमजान का पवित्र महीना शुरू होने पर राज्यवासियों विशेषकर मुस्लिम भाई बहनों को शुभाकामनाएं दी हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी प्रदेशवासियों को पवित्र माह रमजान की शुभकामनाएं दी इधर कोरोना के बढ़ते संकट और गृह विभाग के दिशा निर्देशों के मद्देनजर राज्य शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड सहित विभिन्न मुस्लिम और सामाजिक संगठनों ने लोगों से अपने अपने घरों में ही नमाज और इबादत करने की अपील की है गौरतलब है कि राज्य सरकार ने तीस अप्रैल तक सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखने के निर्देश दिये हैं प्रदेश का मौसम शुष्क बना हुआ है तेज पछुआ हवा के कारण तापमान में बढ़ोतरी हुई है मौसम वैज्ञानिक अभिषेक प्रकाश ने बताया कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान अड़तीस डिग्री सेल्सियस से इकतालीस डिग्री सेल्सियस के आपसपास बना हुआ है आज भागलपुर प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान इकतालीस दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया इधर विभाग ने पन्द्रह से सत्रह अप्रैल के दौरान अधिकांश स्थानों पर गरज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है आज से भारतीय विक्रम नव संवत्सर दो हजार अठहत्तर शुरू हो गया है वहीं चैत्र नवरात्र की भी आज से शुरूआत हुई है आज देवी दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है कोविड के चलते इस बार मंदिरों में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गयी है लोग अपने घरों में ही पूजा अर्चना कर रहे हैं इधर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशभर में मनाये जा रहे चैत्र शुक्लादि उगादी गुडी पडवा चेटी चंड वैशाखी विशु नवरेह और साजिबू चेरोबा पर्वों पर देशवासियों को बधाई दी है राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रदेशवासियों को विक्रम नव संवत्सर वैशाखी और चैत्र नवरात्र की शुभकामनाएं दी हैं

और पछुआ हवा के कारण राज्य में गर्मी बढ़ी